प्रधानमंत्री ने कहा एन डी ए सरकार बिना किसी बदलाव के एक समान गति से सही दिशा में बढ़ रही है आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अव्यक्षता में कल लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए बैंकॉ से धनराशि जुटाने सहित छह प्रस्तावों को प्रदान की गयी मंजूरी आपातकाल की घोषणा के कल हुए चौंवालीस वर्ष पूरे भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश के इतिहास का बताया काला अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सशक्त सुरक्षित विकसित और समावेशी राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना होगा लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत साल बाद देश की जनता ने एक तरफा मतदान किया है और एनडीए सरकार को दोबारा चुना है प्रधानमंत्री ने पिछली केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के कामकाज को उचित महत्व न देने के आरोप से इंकार किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव को हार और जीत के रूप में नहीं बल्कि एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सेवा करने के अवसर के रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनडीए सरकार ने बिना दिशा परिवर्तन किए समान गति से सही दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा है उन्होंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि देश तरक्की करे और हर भारतीय सशक्त बने प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और स्वयंसेवी संगठनों से गंभीर जल सकंट को देखते हुए जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसमें शामिल होने का अनुरोध किया जल संकट को हमने गंगीरता से लेना होगा और मेरी सभी आदरणीय सांसद महोदयों से प्रार्थना है सभी एनजीओ से प्रार्थना है कि हम देश में पानी का महात्म्य बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान करें और सरकारी दायरे से बाहर हो कर करके करें

कांग्रेस पर परोक्ष प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वह पार्टी इतना उपर उठ गई कि धरती से उखड़ गई जबकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर लोगों से निकटता बनाए रखना और उन्हें मजबूत करना है उन्होंने कहा कि केवल एक परिवार के अलावा किसी कांग्रेस नेता को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया उन्नीस सौ पचहत्तर में लागू किए गए आपातकाल के बुरे दौर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लोगों की स्मृति से कभी नहीं मिटाया जा सकता

देश के मीडिया को दबोच दिया गया था देश के महापुरूषों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था प्ररे हिन्दुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जागता उदाहरण है

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल दूसरे दिन भी दोनों सदनों में चर्चा जारी रही लोकसभा में चर्चा शुरू करते हुए द्रमुक सदस्य दयानिधि मारन ने तमिलनाडु सहित पूरे देश में जल संकट का मुद्दा उठाया केरल कांग्रेस मणि के तॉमस चडिकाडन ने सरकार से केरल के रबड़ उत्पादकों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर प्रति किलोग्राम दो सौ पच्चीस रुपये करने की मांग की भाजपा के एस पी सिंह बघेल ने एन डी ए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यक्रमों की सराहना की उन्होंने कहा कि शौचालय बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के चलते आज महिलाए सुरक्षित महसूस कर रही हैं चर्चा के दौरान अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया राज्यसभा में भाजपा के विनय सहस्त्रबुद्वे ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे एन डी ए के कार्यक्रमों पर सवाल उठाने वालों की दलीलों को खारिज कर दिया तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने सदन के सभी सदस्यों से कुपोषण और बेरोजगारी मिटाने तथा मानव संसाधन विकास सूचकांक में सुधार के लिए संयुक्त रूप से काम करने का अनुरोध किया चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए परिवहन राज्यमंत्री मनसुख एल मंडाविया ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लिए सरकार की प्रतिबद्दता दोहराते हुए कहा कि एन डी ए सरकार पूरे देश के विकास के लिए काम कर रही है कांग्रेस के पी एल पूनिया ने सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधानों को उचित ढंग से लागू नही करने का आरोप लगाया उन्होंने निजी क्षेत्र और उच्च न्यायिक संस्थानों में इन वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा का आज जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए बैंकों से धनराशि जुटाने के प्रस्ताव सहित छह प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने वैठक के बाद संयुक्त रूप से संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि पूर्वाचल एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए बारह हजार करोड़ रूपये की जरूरत है सरकार ने पूर्वचल एक्सप्रेस वे के सिविल कार्यो के लिए तीन हजार करोड़ रूपये के बैंक कर्ज को मंजूरी दी है बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के विलय हो जाने से दो हजार करोड़ रूपये का लोन लेने के लिए अलग डाक्यूमेंट प्रक्रिया बनाने पर सहमति दी गयी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि सीधे राज्य स्तर से लामार्थियों के खाते में भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी इसके साथ ही सरकारी प्रिंटिंग का काम निजी क्षेत्र की एजेंसी को देने और प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में कांफ्रेंस हॉल के निर्माण हेतु पैतालीस करोड़ निन्यानन्बे लाख अट्ठासी हजार रूपये की मंजुरी दी इसके अलावा परिसर में मल्टी लेबल पार्किंग इत्यादि कार्य के लिए पांच सौ छत्तीस करोड़ रूपये की भी स्वीकृति प्रदान की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए फिर कड़े निर्देश दिये हैं शासन द्वारा जारी निर्देशों में समी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा सभी जनपदों में स्कूली छात्राओं की सुरक्षा के लिए बालिका सुरक्षा टीम बनायी जाये तथा यह अभियान पूरे जुलाई महीने चलाया जाये इस टीम में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार विदेशों और देश में रह रहे लोगों के साथ साझा करेंगे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 प्रधानमंत्री इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण मृद्यों को उठाते हैं यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जाता है प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष मार्च में अपनी मन की बात में स्मार्ट सिटी मिशन और अर्बन मिशन के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि बड़े शहरों और छोटे कस्बो में समी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन मिशनों की शुरूआत की गई थी देश में स्मार्ट सिटी मिशन और अर्बन मिशन की शुरूआत की गई ताकि देश के बड़े नगरों और छोटे शहरों में हर तरह की सुक्विा चाहे वो अच्छी सड़कें हों पानी की व्यवस्था हो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों शिक्षा हो या डिजीटल कनेक्टीविटी उपलब्ध करवाई जा सके देश में आपातकाल की घोषणा को कल चौवालिस वर्ष पूरे हो गए हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन्नीस सौ पवहत्तर में पच्चीस जून की आधी रात में आपातकाल लागू किया था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की आजादी और नागरिकों के अधिकार छीन लिये गए थे

उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों को लखनऊ में सम्मानित किया गया पार्टी के लखनऊ महानगर के महामंत्री पृष्कर शुक्ला ने बताया कि लखनऊ में निवास करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को आमंत्रित कर उनके साथ पुराने संस्मरण साझा किये गये तथा इस अवसर पर दो दर्जन से अधिक लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया